केन्द्रीय सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा अगले वर्ष मार्च तक देश के सभी गांवों में निःशल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध हो जायेगी प्रदेश में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी कई जनपदों में विद्यालयों में अवकाश घोषित

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कल लखनऊ में एक समारोह में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून दो हजार उन्नीस के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की सरकारी संपति को नुकसान पहंचाया वो अपने घर में बैठकर करके एक बार खूद को सवाल पुछे कि क्या यह उनका यह रास्ता सही था जो क्छ जलाया गया बर्बाद किया गया क्या वो उनके बच्चों के काम नहीं आने वाला नहीं था झूठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता देना एक समस्या थी जिसका समाधान एक सौ तीस करोड़ भारतीयों ने निकाल लिया प्रधानमंत्री ने कहा कि हमे विरासत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक च्नौतियां मिली हैं लेकिन हम उन चुनौतियों को चुनौती दे रहे हैं

श्री मोदी ने कहा कि देश के उज्ज्वल भविष्य और न्यू इण्डिया की संकल्यना को साकार करने के लिए न सिर्फ हमे अपने अधिकारों पर जोर देना चाहिए बल्कि दायित्वों का निर्वहन भी ज़रूरी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए उनकी सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है

इस अक्सर पर उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमारियों की रोकथाम का सबसे बेहतर तरीका स्वच्छता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार स्वच्छ भारत अमियान उज्ज्वला और आय्ष के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर जोर दे रही है उन्होंने कहा कि बीमारियों की रोकथाम के लिए देशभर में सवा लाख आरोग्य केंद्र बनाए गए हैं इससे पहले प्रधानमंत्री ने लखनऊ में सचिवालय लोक भवन के प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पच्चीस फ्ट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों से ऐसी फसलें उगाने का अनुरोध किया है जिनमें कम पानी की आवश्यकता हो कल नई दिल्ली में अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे दैनिक घरेलू कार्यो में पानी का दुरूपयोग न करें उन्होंने स्टार्टअप्स से ऐसी प्रोदोगिकी का विकास करने को कहा जिससे पानी की कम से कम खपत हो प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन देश के प्रत्येक परिवार को नल से जल की आपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च तक भारतनेट के माध्यम से देशभर के सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करा दी जाएगी कल हरियाणा के रेवाड़ी में डिजिटल ग्राम गुरवारा का उद्घाटन करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि मंत्रालय ने पहले ही भारतनेट के जरिए एक लाख तीस हजार ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया है इसे ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक ले जाने का लक्ष्य है

लोग अपने संदेश एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य या नमो एप ओपन फोरम और माई जी ओ वी डॉट इन पर भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल या एसएमएस से प्राप्त लिंक पर अपने सुझाव दे सकते हैं यह सुझाव इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक दिये जा सकते हैं आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचारों में हम आज से एक नई श्रृंखला जानना जरूरी है शुरू कर रहे हैं इसमें हम उन योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में आपको वास्तविकता से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में पूरी जानकारी के अभाव में आम लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं इस श्रृंखला में सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले भ्रम और वास्तविकताओं से नागरिकता संशोधन कानून के बारे में आम लोगों में काफी भ्रम है जानना जरूरी है के जरिये हम सर्वप्रथम यह पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है भारतीय नागरिकों को संविद्यान से जो मूलभूत अधिकार हासिल हैं उन्हें यह या अन्य कोई कानून न तो छीन रहा है न ही वापस ले सकता है आज आॅशिक सुर्यग्रहण है यह सुबह कई देशों के साथ भारत में भी नजर आयेगा

ऐसा तब होता है जब चन्द्रमा सूर्य के केन्द्र को ढंक लेता है और सूर्य का केवल बाहरी किनारा नजर आता है और रिंग ऑफ फायर का आकार ले लेता है यह वल्याकार हो जाता है दिल्ली में आंशिक ग्रहण सुबह आठ बजकर सत्रह मिनट पर शुरू होगा और दस बजकर छप्पन मिनट पर समाप्त होगा सबसे अधिक ग्रहण सुबह नौ बजकर तीस मिनट पर होगा ग्रहण की पूरी अवधि दो घंटे उन्तालीस मिनट की होगा इस दशक का यह अंतिम सुर्यग्रहण होगा

गोरखपुर और आस पास के जिलों में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राजघानी लखनऊ कानपुर मुरादाबाद मेरठ पीलीभीत सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक ठण्ड के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है कोहरे के कारण प्रदेश में सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है मौसम विभाग के अनुसार ठंड के कम होने के अभी कोई आसार नहीं है अयोध्या में कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों में आज और कल अवकाश घोषित किया गया है पीलीभीत में सभी विद्यालय और कॉलेज अट्ठाईस दिसम्बर तक बंद रहेंगे